कोरोना मरीज मिलने वाले इलाकों में माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जायेंगे

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने के लिए एक अप्रैल से काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए चार मोर्चों पर काम कर रही है

आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं तीसरा मोर्चा है हेल्थ इफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की फनंदजपजल और फनंसपजल में बढ़ोतरी करना चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भी भारत सक्षमता की ओर बढ़ रहा है

इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस जिस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बने भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और अफॉरडेबल व्यवस्था होगी सस्टेनेबल व्यवस्था होगी यूजर फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी होगीय मैं पक्का मानता हूं दुनिया की नजर भारत की तरफ जाएगी और हेत्थ सेक्टर में जरूर जाएगी राज्य सरकार ने देश के पांच राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया है साथ ही कोरोना मरीज जिस क्षेत्र में मिलेंगे तो उस इलाके को माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा गया है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की जांच करायी जाएगी इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि प्रदेश के तीन जिलों नवादा औरंगाबाद और पूर्णियां में कोरोना के अधिक मामले मिले हैं उन्होंने कहा कि माईक्रो कंटेनमेंट जोन के अन्तर्गत अब पूरी गली या क्षेत्र को बंद नहीं किया जायेगा बल्कि एक घर या अपार्टमेंट को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा वहीं पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि कोरोना कन्ट्रोल रूम को एक बार फिर से सातों दिन और चौबीसों घंटे संचालित करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि नये संक्रमितों में से कुछ मरीजों की जीन सिक्वेंसिंग करायी जायेगी जिससे कोरोना वायरस में बदलाव की जानकारी मिल सके प्रदेश में अब तक पांच लाख बानवे हजार दो सौ छियासी लोगों को कोरोना का टीका का लगाया जा चुका है पांच लाख बत्तीस हजार आठ सौ चौरासी लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या उनसठ हजार चार सौ दो है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिले के प्रलिस अधीक्षकों को तीन दिनों के अन्दर निबंधित होमगार्डों को टीका दिलाने का निर्देश दिया है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख साठ हजार दो सौ अठारह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में उनसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक तेरह मामले पटना जिले से सामने आये है अठारह जिलों से कोविड के एक भी नये मामले सामने नहीं आये हैं वहीं राज्य में फिलहाल पांच सौ सैंतालीस मरीजों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है

इनमें चौंसठ लाख इकहत्तर हजार सैंतालीस स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली खुराक और तेरह लाख इक्कीस हजार छह सौ पैंतीस स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक दी गई इकतालीस लाख चौदह हजार सात सौ दस अग्रिम पंक्ति को कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी श्री कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुये कहा कि गांधी जी के विचार से समझौता सम्भव नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों और सड़कों की मरम्मत का काम अब विभागीय स्तर पर कराया जायेगा इसके लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि पहले इस कार्य के लिए निविदा निकाली जाती थी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी वहां पर फ्लाईओवर बनाया जायेगा राज्य में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट से अनुमति मिलते ही शुरू कर दी जायेगी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायालय से अनुमति मिलते ही तीस हजार माध्यमिक और चौरानवे हजार प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा श्री चौधरी ने कहा कि इस बार राज्य के बजट में शिक्षा को सबसे अधिक इक्कीस दशमलव नौ चार प्रतिशत हिस्सेदारी मिला है उन्होंने कहा कि प्रदेश के आठ हजार तीन सौ छियासी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है इसके साथ ही विज्ञान गणित और अंग्रेजी के लिए चार हजार पचास अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है श्री तोमर ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बाईसवीं बैठक में कहा कि कोविड उन्नीस के संकटकाल में मनरेगा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुई है उन्होंने कहा कि इस वर्ष अबतक कुल तीन सौ चौवालीस करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के माध्यम से किया जा चुका है श्री तोमर ने बताया कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में मनरेगा के लिए एक लाख ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपये राज्यों को दिये गए हैं जो अब तक की सर्वाधिक धनराशि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की आज दूसरी सालगिरह है इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में की थी पीएम किसान की शुरूआत देश भर के सभी किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार अग्निशमन सेवा में फायर मैन के दो हजार तीन सौ अस्सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी विस्तृत जानकारी पर्षद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है पूर्व मध्य रेलवे ने मोकामा हावड़ा मोकामा पैसेंजर ट्रेन सेवा को बहाल कर दिया है पूर्व मध्य रेलवे के जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन मोकामा से हावड़ा के लिए प्रतिदिन बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर खुलेगी एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिंड्रोम एईएस से पीड़ित राज्य के बारह जिलों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक के बाद बताया कि मुजफ्फरपुर और इसके आस पास के प्रभावित जिलों को बचाव और राहत कार्यों की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है गया शहर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की मोटरसाईकिल की डिक्की से सात लाख चालीस हजार रुपये चुरा लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक महिला से नब्बे हजार रुपये लूट लिये पटना जिले के मसौढ़ी में पदस्थापित अग्निशमन पदाधिकारी श्रवण कुमार और उनके वाहन चालक को शराब पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र अन्तर्गत महाराणा हाट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से लगभग एक हजार बोतल विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है वहीं जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र से एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें पांच युवकों को छेड़खानी करते देखा जा रहा है जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर राज्य सरकार के जवाब को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है शराबबंदी से समझौता नहीं दैनिक जागरण की बड़ी खबर है कटिहार में छह बेगूसराय में चार और सीवान में तीन की गयी जान प्रभात खबर का शीर्षक है बिहार में सेवा शुल्क से बैंक कमा रहे सालाना साठ सौ सत्तर करोड़ दैनिक भास्कर लिखता है भारतीय रूपया अब सबसे अच्छी मुद्राओं में आज अखबार ने विधानसभा में कई मंत्रियों के मैथिली भाषा में बोलने पर सुर्खी दी है विधानसभा में खुब जमल मैथिली राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है पंजाब में कोरोना मामले बढें फिर लगीं पाबंदियां

कोरोना मरीज मिलने वाले इलाकों में माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जायेंगे